जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जो हमने सुना उसमें दुर्भाग्य से विश्व का निर्मम चित्रण किया गया जहां पाकिस्तान आतंकवाद के साथ साथ घृणा फैलाने में लगा है वहीं भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास करके लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने में लगा हुआ है भारत विविधता तथा संयम की सदियों पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा को सही अर्थो में अपना रहा है भारत के लोगों को अपनी बात रखने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है और कम से कम ऐसे लोगों की मदद तो कतई नहीं चाहिए जिनका उद्देश्य सिर्फ घुणा फैलाना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वक्तव्य की कड़ी आलोचना करते हुए मैत्रा ने कहा कि इमरान खान का भाषण विभाजनकारी था उन्होंने कहा कि महासभा के इस मंच का ऐसा दुरूपयोग शायद ही कभी देखा गया हो सीधे शब्दों में कहें तो यह नफरत भरा भाषण था प्रधानमंत्री इमरान खान की परमाण विनाश की धमकी आतंक फैलाने वाली हो सकती है ये किसी राजनायिक के शब्द नहीं हो सकते इमरान खान ने अपने वक्तव्य में आतंकवाद को उचित ठहराने और अलगाववाद को बढ़ावा देने की शर्मनाक कोशिश की है

सुश्री मैत्रा ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री इमरान खान इस बात का खंडन कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में उन्होंने ओसामा बिन लादेन का सरेआम समर्थन किया उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान पृष्टि कर सकता है कि उसके यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक सौ तीस आतंकवादी और पचीस आतंकवादी संगठन आज भी मौजूद हैं सुश्री मैत्रा ने यह भी कहा कि क्या पाकिस्तान मानेगा कि उसके यहां विश्व की एकमात्र ऐसी सरकार है जो संयुक्त राष्ट्र की सुची में शामिल अलकायदा और दायेश के एक आतंकवादी को पेंशन उपलब्ध करा रही है

नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख केंद्रीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रतिष्ठानों से पूछा है कि पंचाट फैसलों को पूरा करने में कोई बाधा तो नही है

प्रदेश के कई जनपदों में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पिछले तीन दिनों में वर्षा जनित हादसों में बीस लोगों की मृत्यु होने के समाचार है जल जमाव और ट्रैफिक जाम की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुयी है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का सिलसिला आज और जारी रहेगा उन्होंने कल से पूरे प्रदेश में मैसम साफ होने की संभावना व्यक्त की है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि से मरने वालों के आश्रितों को चार लाख रूपये दिये जाने के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने घायलों के लिये समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश में कुछ स्थानों पर पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के भी लिये कहा है